वार्ता सकारात्मक के माहौल में हुई और सार्थक रही दोनो नेताओं ने तामिलनाडु के मामल्लपुरम में आज दूसरे दिन भी अनौपचारिक वार्ता की उन्होंने होटल ताज फिशरमैन्स कोव में लगभग एक घंटे तक अकेले में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की इसके बाद दोनो के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई प्रधानमंत्री मोदी ने इस वार्ता के शुरु में कहा कि वुहान शिखर बैठक से दोनो देशों के संबंधो में नई गति आई और विश्वास पैदा हुआ जबकि इस बैठक से सहयोग का नया युग शुरु होगा वुहान बैठक के नतीजे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनो देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क बढ़ा है जिससे आपसी संबंधो में स्थिरता बढ़ने के साथ साथ नई गति आई है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन प्राचीन काल से विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तिया रही है दोनो देश अब साथ साथ फिर से वही स्थिति हासिल कर रहे है उन्होंने यह भी कहा कि वुहान वार्ता में फैसला किया गया था कि दोनो देश आपसी मतभेदों को झगड़े की वजह नही बनने देंगे और इन्हें समझदारी से निपटाएंगे

बैठक के दोरान डी जी पी ने सैन्य बलों की तैनाती उम्मीदवारों की सुरक्षा खुफिया जानकारी आदि पर विचार विमर्श किया श्री उपाध्याय ने दोनो उम्मीदवारों से भी बातचीत की और उन्हें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया का आश्वासन दिया दौरे के दौरान डी जी पी ने थीनसा और खेती गांव में मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया

पिछले महिनें संस्थान से इक्तीस सदस्यीय पर्वतारोहियो को अरुणाचल की सबसे ऊँची चोटी माउण्ट कांग्टों के लिए रवाना करते हुए श्री खांडू ने कहा कि माउण्ट एवरेस्ट की वजह से हर मौसम नेपाल के पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है उन्होंने कहा कि इसी तरह अरुणाचल को भी निश्चित शिखर को तलाशना चाहिए और हर मौसम में साहसिक उत्साही लोगो को आकर्षित करना चाहिए संस्थान के निदेशक कर्नल सरफराज को बधाई देते हुए श्री खांडू ने कहा कि राज्य को उनके दल पर गर्व है क्योकि राज्य के इतिहास में यह पहली बार है कि माउंट कांग्टो में बड़े पैमाने पर विजय प्राप्त की गई है राज्यपाल बी डी मिश्रा ने भी आज राजभवन में पर्वतारोहण दल को सम्मानित किया समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने संस्थान के दल को बधाई दी और युवाओ को प्रेरित करने के लिए आगे और उपलब्धि हासिल करने का आग्रह किया

वे कल कर्नाटक में एक समारोह को संबोधित कर रहै थे राष्ट्रपति ने मेडिसिन के छात्रों से स्वस्थ जीवन शैली पर जागरुकता उत्पन्न करने को कहा भारत द्वारा संक्रमक गैर संक्रमक नई और उभरती बीमारियों जैसी चुनौतियों का सामना करने की बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत मिशन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़े है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांड् ने अरुणाचल के तवांग जिले से सड़क मार्ग से भूटान को जोड़ने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि सीमावर्ती राज्य और भूटान के राज्य में सदियों से मजबूत सांस्कृतिक संबंध है राज्य के प्रमुखो ने यह सुझाव तब दिया जब गुवाहाटी में रॉयल भूटानी के महावाणिज्य दूतावास के सदस्य फुब शेरिंग ने कल ईटानगर में अपने संबंधित कार्यालयों में उन्हें बुलाया और दोनो पड़ोसी देशो के बीच पुराने संबंधो को मजबूत करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की

ये बात श्री सिमाइ ने कल ईस्ट सियांग जिलें के लेड्रम में इस्टर्ली एसेंस लेड्रम फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए कहा तीन दिवसीय फेस्टिवल का विषय है संस्कृति साहस खेल साहित्य कला लोक एवं लोकप्रिय संगीत को मनाना श्री सिमाइ ने म्यूरल गांव के निवासियो को सबसे स्वच्छ गाँव होने की लेड़ुम की स्थिति को बनाए रखने की सलाह दी